शिक्षकों द्वारा स्कूली बच्चों से छेड़छाड़ के मामलों में शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन करेगी सरकार राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में स्थित तीन आयुर्वेदिक फार्मेसियों को निजी सार्वजनिक भागीदारी से चलाने पर कर रही है विचार मौसम विभाग ने अगले दो दिन प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा व हिमपात की दी चेतावनी प्रश्नकाल प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों का पुनर्गठन करेगी ताकि प्रशासनिक समस्याओं को दूर किया जा सके यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान कही

जयराम ठाकुर ने माना कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन के बाद आई दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने निकट भविष्य में लोकनिर्मोण विभाग के मंडलों का नए सिरे से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है हालांकि इस निर्णय को स्थानीय लोगों की राय के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा इस संबंध में सुखराम चौधरी ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे सड़कों के रखरखाव संबंधी विधायक जवाहर ठाकर और होशियार सिंह के एक संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में ग्रामीण विकॉस और वन विभाग द्वारा बनाई गईे सड़कों के रखरखाव के ॅलिए बजट का प्रावधान करेगी उन्होंने कहा कि फिलहाल ग्रामीण विकास और वन विभागों द्वारा बनाई गई सड़कों के रखरखाव के लिए पैसे का प्रावधान नहीं है

इस मुद्दे पर विधायक रामलाल ठाकूर बलवीर वर्मा सुखराम चौधरी और सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे विधायक राकेश सिंघा के एक सवाल के जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमारसैन और ठियोग तहसील में ऐसी जमीन के इतकाल के लिए किसी भी किसान ने आवेदन नहीं किया है

उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच कर इंतकाल करवाने का प्रयास करेगी

वे विधायक नरेंद्र ठाकुर के एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे उन्होंने दावा किया कि इस योजना के तहत पात्र परिवारों का चयन प्री पारदर्शिता के साथ किया गया है फिर भी यदि कोई गड़बड़ी रह जाए तो उसके लिए तीन सदस्सीय कमेटी भी बनाई गई है सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों से शिक्षकों द्वारा छेड़छाड़ के मामले में शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए उनके भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन करेगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा इस संबंध में हरोली क्षेत्र का मामला उठाये जाने पर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि हरोली के आरोपी शास्त्री शिक्षक को मामला सामने आते ही तुरंत निलंबित कर दिया है और उसका मुख्यालय भी ऊना जिला से बाहर फिक्स किया गया है शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के चुनाव क्षेत्र में भी स्कूली बच्चों को जातीय आधार पर अलग अलग बिठाने का मामला सामने आया है इस संबंध में उपनिदेशक मंडी से रिपोर्ट तलब की गयी है और रिपोर्ट आते ही इस मामले में कार्रवाई होगी शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में खासकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि इसमें कुछ ऐसे शिक्षक भी शामिल पाए गए हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिले हैं उन्होंने विधायकों से भी अपील कीँ कि वे ऐसे दागी शिक्षकों की सिफारिश न करें उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है

हालांकि मल्टी एक्सल और भारी वाहन फिलहाल इस मार्ग से नहीं गुजर पाएंगे

मुख्यमंत्री ने माना कि इस सड़क के ट्टने से लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि रामपुर बुशहर में बाईपास निर्माण का मामला सरकार के विचाराधीन है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार जल्द ही सभी मछुआरों को लाइफ सेविंग जैकेट उपलब्ध करवाएगी

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने टैंडर करवा लिए हैं

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आने वाले सभी मछुआरों के बीमा का प्रीमियम सरकार उपलब्ध करवा रही है

हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एफोर्डेबल हैल्थ सर्विसेज को प्राथमिकता दे रही है

किसान कांग्रे स प्रदेश किसान कांग्रेस ने राज्य सरकार से भेड बकरी पालकों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है किसान कांग्रेस के राज्य समन्वयक सुरेश ठाकर ने आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि चंबा जिले के अधिकतर लोग भेड़ पालन व्यवसाय से जुड़े हैं और ये उनकी आर्थिकी का एक मात्र साधन है उन्होंने कहा कि इन दिनों भेड़ पालक कांगड़ा जिले की ओर पलायन करते हैं ऐसे में उन्हें सुरक्षा की बेहद जरूरत रहती है मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्का हिमपात और अन्य भागों में बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सैल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है इससे ठण्ड का प्रकोप बढ़ गया है मौसम विभाग ने कल से मध्यम व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा व हिमपात की चेतावनी जारी की है विभाग ने निचले मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना भी जताई है मौसम विमाग की चेतावनी को देखते हुए मण्डी जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अधिक उंचाई वाले स्थानों में न जाने की सलाह दी है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा में पारित नागरिकता संशोधन बिल पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसके विरोध में आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक विरोध रैली का आयोजन किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इस बिल के प्रावधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे देश की एकता व अखंडता के लिए गँभीर खतरा बताया उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से देश में केट्रवाद ओर संकीर्ण मानसिकता बढ़ेगी प्रतिनिधिमण्डल चंबा जिला के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के नेतृत्व में आज धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर से शिष्टाचार भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने जिले में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया